राज्यभर में श्रावण मास के शुरू होते ही विभिन्न धार्मिक आयोजन शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर शुरू

लोकसभा ये विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है

एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बैंच ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए जिसमें जिला कलेक्टर सहित पंचायत स्थानीय निकाय राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया जाए एनजीटी ने कहा है कि जिन राज्यों में कॉमन ट्रिटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी स्थापित नहीं है वे दो माह में इसे स्थापित करें ये आदेश एक अगस्त से लागू होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा की टोल प्लाजा व्यवस्था को बंद नहीं किया जाएगा श्री गडकरी ने कहा कि चार माह में सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से टैग लगाने को कहा गया है नए वाहनों पर बिक्री के समय ही यह टैग अनिवार्य कर दिया गया है

दार ए सलाम में जयपुर फूट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और मुहिम बिल आर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट के बीच एक समझौता हुआ है इस समझौते के तहत यह केन्द्र स्थापित किया जाएगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के कर्मचारियों को फील्ड में रहकर टिड्डी दल संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़मेर जिले के रामसर गुढ़ामलानी शिव और गडरा रोड क्षेत्र में यह किटनाशक का छिड़काव किया गया है

उन्होंने कहा कि जयपुर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख निजी चिकित्सा संस्थानों को इस अभियान से जोड़ा जाए

जिला कलेक्टर ने कल जयपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हए आदेश दिये कि जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या की अधिक है वहां पर पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियोजित किया जाए

इस नंबर पर किसी भी नागरिक द्वारा असुरक्षित विद्युत तंत्र की फोटो तथा लोकेशन भेजने पर जयपुर डिस्कॉम द्वारा त्वरित गति से सम्बन्धित स्थान पर जाकर जरुरी सुरक्षा कार्य किया जाएगा

यहां एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा महाविद्यालय खोलने के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया गया था इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है

राज्य के सभी छोटे बड़े शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है उदयपुर में सावन मास के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में चिंतामणि पार्थ सुरजन आज से शुरू हुआ सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के शिवाड़ स्थित भगवान महादेव मंदिर में आज धर्म ध्वजारोहण के साथ ही सावन माह का आगाज होगा

इनमें से दो लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया इसके अलावा एक महिला सहित चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है

आग लगने के कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है आग पर ग्रामीणों की मदद से काबू पाया गया

इस बैठक में पीएचइडी कर्मचारियों की वेतन विसंगति वेतन कटौती जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है

जिला कलेक्टर ने कल जिले के ग्राम भाड़ौती में ई मित्र केन्द्रों का निरीक्षण किया साथ ही राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की भी जांच की